प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के महागठबंधन को अपने अस्तित्व को बचाने और सत्ता हथियाने का प्रयास बताया है एक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार के दौरान श्री मोदी ने कहा कि इसमें शामिल हर दल का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है लेकिन गठबंधन का दूसरा सहयोगी उसे पीछे धकेलकर खुद दौड़ जीतना चाहता है श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस की क्या सोच है इस पार्टी के उन्नीस सौ अठानवे में पंचमढ़ी शिविर में तत्कालीन अध्यक्ष ने गठबंधन को गुजरे दौर की राजनीति बाताकर एकला चलो की नीति पर काम करने और एक पार्टी के शासन की इच्छा व्यक्ति की थी वही कांग्रेस आज सहयोगियों को जुटाने के लिए भटक रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आर्थिक सामरिक सामाजिक सुरक्षा और विदेश नीति जैसे सभी मोर्चों पर बहुत अच्छा काम किया है और इसी का परिणाम है कि दो हजार चौदह के बाद जनता ने देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा को सत्ता सोंपी है एनडीए के घटक दलों में असंतोष की बात को दरकिनार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह बीस दलों का एक खुशहाल और बड़ा परिवार है श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी महानंदा गंगा बरंडी गंडक मसान और औराई नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है जिले के प्राणपुर स्थित जल्ला हरेरामपुर बांस टोला में तटबंध पर लगातार दबाव बना हुआ है वहीं गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुये गोपालगंज जिले में अलर्ट जारी किया गया है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा ठकराहा पिपरसिया और नौरंगिया दोन समेत गंडक नदी के तटवर्ती इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है बाढ़ का पानी बाल्मिकीनगर टाईगर रिजर्व में भी प्रवेश कर गया है मध्रबनी के लदनिया में गागन नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिले के पिपराही प्रखंड के नरकटिया इंदरवा और बेलवा गांव समेत अन्य निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है मोतिहारी शिवहर पथ पर पानी आ जाने से बेलवा के पास आवागमन प्ररी तरह ठप है बागमती नदी मुजफ्फरपुर में बेनीबाद में लाल निशान को छू रही है गंडक बूढ़ी गंडक और बागमती नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी के मद्देनजर कटरा औराई गायघाट पारू और साहेबगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है वहीं कमला बलान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से तेरह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कोसी नदी बसुआ बलतारा और कुरसेला में खतरे के निशान के पास बनी हुई है वहीं महानंदा नदी ढ़ेंगरा घाट में लाल निशान से मात्र तैंतालीस सेंटीमीटर नीचे है खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के बलतारा पौड़ा कोयला पैंकत सहित एक दर्जन गांवों पर कोसी नदी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है अररिया जिले से गुजरने वाली बकरा परमान और नुना नदियों का पानी फारबिसगंज नरपतगंज और पलासी प्रखंड के एक दर्जन से अधिक गांवों में फैल गया है सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधवारा समूह और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है बागमती नदी रून्नीसैदपुर के कटौंझा में खतरे के निशान से एक मीटर सैंतीस सेंटीमीटर ऊपर चली गयी है वहीं बागमती नदी डुब्बा घाट ढेंग और गोहाबारी में भी खतरे के निशान से ऊपर है बागमती नदी प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार गंडक नदी चटिया डुमरिया और रेवा घाट में खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना सहित राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर पांच से पन्द्रह सेंटीमीटर तक बारिश हुई है सबसे अधिक पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में पन्द्रह जबकि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में तेरह सेंटीमीटर बारिश हुई है उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि किसी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त नहीं किया जाये प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों से पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजने का भी निर्देश दिया है पीठ ने कहा कि नाम मिलने पर यूपीएससी तीन सर्वाधिक उपयुक्त अधिकारियों के नाम चुनकर राज्यों को भेजेगी जो इनमें किसी एक को पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकेगा पीठ ने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाए कि जिस अधिकारी को पुलिस महानिदेशक बनाया जा रहा है उसका पर्याप्त सेवाकाल बचा हो

सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वाट्सअप के अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है गौरतलब है कि कई लोग उकसाने वाले और लोगों को गुमराह करने वाले संदेशों को वाट्सअप प्लेटफॉर्म का उपयोग कर फैला रहे हैं इसके कारण हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों में निर्दोष लोगों की पीट पीट कर हत्या की घटनाएं सामने आयी हैं केन्द्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने सभी राज्यों से कहा है कि वे इस साल के अंत तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग करें आज शिमला में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बिजली और अक्षय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र ने विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत धन आवंटित किया है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि आयोग दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को नीति आयोग की पिछले चार साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए श्री अमिताभ कांत ने कहा कि आयोग ने पोषण अभियान के लिए तकनीकी सहायता इकाई गठित की है लोक जनशक्ति पार्टी ने केन्द्र सरकार से किसानों की शिकायतों का प्रभावी तरीके से समाधान करने के लिए किसान आयोग बनाने की मांग की है पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को किसानों की आत्महत्या के हरेक मामलों की जांच करानी चाहिए बैठक में देशभर के किसानों की बेहतरी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पन्द्रहवें वित्त आयोग के समक्ष पंचायतों के साथ साथ जिला परिषद् और प्रखंड समिति को भी विकास के लिए राशि देने की मांग की जायेगी पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत को विकास योजना की राशि के अलावे हरेक साल एक करोड़ रुपये दे रही है गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सवैया जीन बाजार में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक को गोली मारकर ढ़ाई लाख रुपये लूट लिये वहीं औरंगाबाद जिले के बारूण थाना क्षेत्र के बारूण पुल के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक रसोई गैस एजेंसी में घुसकर डेढ़ लाख रुपये लूट लिया नेपाल घूमने गये बिहार के छह लोगों की देर रात सुनसरी जिले के कोसा में सड़क हादसे में मौत हो गई प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी के कटाव से बनी खाई में गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मृतकों में पांच सुपौल जिले के लक्ष्मीनियां गांव के और एक मधुबनी जिले के ब्रह्मपुरा का रहने वाला था दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश की एक लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को मौलागंज मुहल्ले से गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले के कासिमबाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर गुमटी के पास से पुलिस ने चालीस अर्द्वनिर्मित पिस्तौल के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लदौड़ा गांव के पास से पुलिस ने एक वाहन से चौरानवे कार्टन शराब बरामद की है भोजपुर जिले के आरा से पिछले दिनों अगवा किये गये व्यवसायी विद्यानंद प्रसाद को रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरडीह बाजार से सकुशल मुक्त करा लिया गया है

स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद रमेश प्रसाद सिंह की जयंती पर औरंगाबाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें याद किया गया